मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढकर अड़सठ दश्मलव सात आठ प्रतिशत हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत एक लाख करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधा की श्रूआत की ये कोष कृषि उद्यमियों स्टार्ट अप कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्तीप्रबंधन तथा कृषि परिसम्पत्ति पोषण से जुडे किसान समूहों के लिए हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी इस योजनाका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचेऔर जरूरत के समय पहुंचे

इस योजना को मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी के केवल तीस दिन बाद ही दो हजार दो सौ अस्सी से अधिक किसान समितियों को एक हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि की पहली किस्त उपलब्ध कराई गई यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आठ करोड़ पचपन लाख से अधिक कृषक लाभार्थियोंको सत्रह हजार एक सौ करोड़ रूपये की छठी किस्त भी जारी की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास भंडारण शीत गृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल कटाई परवर्ती प्रबंधनमें निवेश करने और जैविक तथा पोषक आहार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति बनान ेकी अपार संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया काउपयोग करते हैं पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है तो हमारे किसान वो ये तय कर सकतेहैं कि अभी अगर वो पांच थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से तीन थैली में ही चलाएंगे अमीवो छह थैली लेते हैं तो आगे से चार थैली ही चलाएगे उसका पैसा बचेगा ये हमारी धरतीमाता बचेगी और किसान का बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना कृषि में स्टार्ट अप के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे श्री मोदी ने बताया कि इस कार्यक्रम में जारी राशि इतने अधिक लोगों तक पहुंची है जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या है उन्होंने इस कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और पंजीकरण से राशि बांटने तक सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकारों को बधाई दी इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए अग्रिम रणनीति बनाकर इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा है कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण के सम्बन्ध में लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज बरेली गोरखपुर झांसी और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरती जाए कोविड नाइन्टीन संक्रमण के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एल टू तथा एल थ्री के कोविड बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए उन्होंने सहारनपुर में एल श्री लेवल का अस्पताल शीघ्र बनाने के साथ ही जनपद शामली तथा बरेली में डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय अतिशीघ्र क्रियाशील करने के निर्देश दिये श्री प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरन्त एम्बुलेंस उपलब्ध हो इसके लिए कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर्स को और प्रभावी बनाया जाए

श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नाइटीन टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के चार हजार छः सौ सत्तासी नये मामले आये है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैंतालिस हजार आठ सौ नब्बे कोरोना के मामले सक्रिय हैं और अब तक बहत्तर हजार छः सौ पचास मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं देश ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी के सात लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर के शानदार उपलब्धि हासिल की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार एक ही दिन में छह लाख से अधिक परीक्षणों का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों में सात लाख उन्नीस हजार तीन सौ चौसठ परीक्षण किए गए हैं मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को संक्रमित व्यक्तियों का व्यापक रूप से पता लगाने उन्हें तत्काल औरों से अलग रखने और उनके लिए कारगर उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है पिछले सप्ताह कोविड नाइन्टीन महामारी से अधिक मृत्यु दर वाले राज्यों के साथ कई बैठकें की गई हैं एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में स्वस्थ होने का भी नया रिकॉर्ड बना है और तिरपन हजार आठ सौ उन्यासी रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली है इसके साथ ही कल देश में अब तक बीमारी से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर चौदह लाख अस्सी हजार से अधिक हो गई है यह संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने से अधिक है

आईआईटी कानपुर ने देश में बने बीज नाम के सीड बॉल विकसित किए हैं इनसे लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं बीज का विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड ने किया है और ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से इन सीड बॉल को देसी किस्म के बीज खाद और सांक्षिप्त मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है इसमें पौधारोपण के लिए गड्डे खोदने की जरूरत नहीं होती इन सीड बॉल को वांछित स्थानों पर फ्रॅकना होता है और पानी के संपर्क में आने से एक दिन में पौधे खुद ब खुद उगने लगते हैं आई आई टी के प्रोफेसर अमन दीप सिंह ने बताया कानपुर इस बार अपने स्टार्टअप के साथ नया प्रोडक्ट लेकर आया है जिसका हमने नाम रखा है बीज

इसमें जैसे आजकल कोविड के समय में भीग करके प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो इसका भी बहुत सीधा कॉन्टेक्ट कुदरत से रहेगा

इस दौरान रेलवे लाइन स्टेशन कार्यालयों आवासीय बस्तियों कार्यस्थलों और स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेललाइनों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे को विशेष तौर पर हटाया जाएगा च्रंकि रेललाइनों पर यात्री रेलगाड़ियों की संख्या कम है इसलिए इस समय का उपयोग रेललाइनों को साफ करने के लिए किया जाएगा इस दौरान एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें रेलवे के कर्मचारी यात्रियों से रेलगाड़ी स्टेशन और रेललाइनों को साफ रखने का अनुरोध करेंगे प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने कल सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की श्री अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कैम्प आफिस पहुंचे और सम्बन्धित अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यो की जानकारी ली उनके समक्ष पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यो का प्रस्तुतीकरण किया गया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा